कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस योजना से बड़ी संख्या में गरीब मरीजों को फायदा पहुंचा है

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज सोलन जिले के डा वाई एस परमार बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में आयोजित होने वाली संगोष्ठी में भाग लेंगे इससे पहले मुख्यमंत्री सोलन में जन समस्याएं सुनेंगे और शहर में रिथत श्रीकृष्ण मंदिर में होने वाले समारोह में भी शिरकत करेंगे

राजीव सहजल ने खिलाड़ियों से खेल के साथ साथ पढ़ाई को भी उतना ही महत्व देने पर बल दिया

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने मिनी कॉन्क्लेव से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है

अजीत समाचार ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में आर्थिक मंदी का अधिक असर नहीं पड़ेगा

दो दशक बाद एचपीसीए को मिलेगा नया अध्यक्ष शीर्षक से अमर उजाला लिखता है लोढा कमेटी की सिफारिशें लागू होने के बाद अध्यक्ष पद से हटे थे अनुराग पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का स्वास्थ्य खराब होने को दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है सांस लेने में दिक्कत पर पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह आईजीएमसी में भर्ती आपका फैसला के शब्द हैं पूर्व सीएम वीरभद्र का स्वास्थ्य बिगड़ा आईजीएमसी पहुंचे हाईकोर्ट के फैसले से जुड़ी खबर को पजाब केसरी ने शीर्षक दिया है नहीं रूकेगी इंडियन टैक्नोमैक कंपनी की संपत्ति की नीलामी आपका फैसला के शब्द हैं इंडियन टैक्नोमैक कंपनी की संपत्ति की नालामी कल सुधीर ने मांगा राठौर का इस्तीफा अमर उजाला की एक खबर है